प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है कई घंटे से हो रही बारिश के कारण राज्य के कई शहरों में निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है पटना के कदमकुआं राजेन्द्रनगर कंकड़बाग बैंक कॉलोनी सहित कई हिस्सों में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में भारी जल जमाव से जन जीवन प्रभावित हुआ है कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है मौसम विभाग के अनुसार तेरह जुलाई तक मॉनसून की सक्रियता के कारण के तेज बारिश की सम्भावना बनी हुई है उत्तरी और मध्य बिहार में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इस दौरान वजपात की भी आशंका जतायी गयी है वहीं दक्षिणी और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है आज भागलपुर में सौ मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गयी पटना में पचपन दशमलव छह और पूर्णियां में पन्द्रह मिलीमीटर बारिश हुई है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से कोसी गंडक बागमती सहित कई नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं इसी जिले में नदी का जलस्तर ढेंग ब्रिज के पास लाल निशान के आस पास बना हुआ है गंडक नदी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से लगभग तीस सेंटीमीटर नीचे है कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में लाल निशान के पास पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर में औराई के बेनीपुर के पास बागमती दरी का रिंग बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जल संसाधन विभाग ने सभी विभागीय अभियंताओं को अलर्ट कर दिया है और तटबंधों पर लगातार निगरानी का निर्देश दिया है सीबीआई ने आज भ्रष्टाचार हथियारों की तस्करी और अन्य अपराधों से संबंधित मामलों पर उन्नीस राज्यों के एक सौ दस स्थानों पर छापे मारे सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने तीस नये मामले दर्ज किए प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में भी कई जगहों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की है केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आज मुजफ्फरपूर स्थित एक स्वयंसेवी संस्था निर्देश के प्रधान कार्यालय में छापेमारी की अधिकारियों ने स्वयंसेवी संस्था के कर्मियों से कई घंटे तक पूछताछ की है संस्था में की गयी छापेमारी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड से जुड़ी कार्रवाई की कड़ी माना जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि संस्था के मोतिहारी स्थित कार्यालय में भी छापेमारी की गयी निर्देश नाम की संस्था मोतिहारी में आश्रय गृह का संचालन करती है आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज नई दिल्ली की एक अदालत में पेश हुये श्री यादव की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी डालकर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की अर्जी में कहा गया है कि जब तक सीबीआई द्वारा मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आ जाता है तब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपों पर बहस नहीं होनी चाहिए आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले की सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है मामले की अगली सुनवाई तेईस जुलाई को होगी आज इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी पेश होना था लेकिन खराब स्वास्थ्य को कारण वे पेश नहीं हो सकीं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को नवम्बर महीने तक भर लिया जायेगा विधानसभा में आज एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में श्री वर्मा ने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किसानों द्वारा खेत में फसलों के अवशेष जलाने पर संबंधित पंचायत के मुखिया जिम्मेदार होंगे आज विधानसभा में एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि वन और पर्यावरण विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार फसल अवशेषों को खेत में जलाने की बजाय उसका प्रबंधन और खाद के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से मशीनों की खरीद पर अस्सी प्रतिशत अनुदान दे रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को अगले छह माह में नए भवन से संचालित किया जाएगा आज विधान परिषद में एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि नये भवन में मॉड्यूलर शल्य चिकित्सा कक्ष समेत सभी तरह की अत्याध्निक सुविधाएं होंगी अयोध्या में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में आज अर्जी दाखिल की याचिकाकर्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल को दिया गया है लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है जीएस विशारद के अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस विवाद को अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री जोशी ने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पन्द्रह से बीस दल बनाये जायेंगे जो प्रतिदिन पन्द्रह किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे

दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाक्र ने आज लोकसभा में बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण का मामला उठाया श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दूसरे एम्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में एम्स की स्थापना होने से उत्तर बिहार के बाईस जिलों सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा केन्द्र सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों के नियंत्रण और कालाबाजारी पर रोक के लिए मूल्य स्थिरता निधि के तहत चालू रबी के मौसम में साठ हजार मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी

भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति की दो दिवसीय बैठक आज पटना में सम्पन्न हो गयी परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने प्रेस की स्वतंत्रता के हनन से जुड़ें इकतालीस मामलों पर विचार किया समिति ने नौ मामलों को स्थगित कर दिया और एक समाचार पत्र को पत्रकारिता के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी फटकार लगायी दो दिवसीय इस बैठक में बिहार झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रेस से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र के बेलवामाधो गांव के पास पूलिस ने एक कंटेनर से आठ सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं भागलपुर जिले में रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी गांव से पुलिस ने देशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया इधर बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव स्थित एक चौकीदार के घर से उत्पाद विभाग की टीम ने पचास कार्टन शराब बरामद की है मौके से चौकीदार के बेटे को गिरफ्तार किया गया है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के विशनपूर से पूलिस ने चार अपराधियों को बीस लाख रूपये मूल्य की लूट के गहनों के साथ गिरफ्तार किया है कटिहार जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजीवन करावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश